कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में स्थित गांधी स्टेच्यू पर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में शिरकत करेंगे

उसके बाद जवाहर कला केन्द्र में गांधी प्रदर्शनी और खादी मेले का उदघाटन करेंगे

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि इस दिन समिति में विशेष आम सभा आयोजित की जाएगी नये सदस्य बनाए जाएंगे ऋण आवेदन प्राप्त करने के साथ साथ ऋण वितरण का भी कार्य किया जाएगा

उन्होंने बताया कि आमसभा में ई मित्र की शुल्क सूची का प्रकाशन होगा साथ ही समिति के वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जाएंगे

श्री गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी के दर्शन के बिना देश और दुनिया में काम नहीं हो सकता मुख्यमंत्री ने युवाओं से गांधीजी से प्रेरणा लेने का आहवान किया सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि अधिवेशन का उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों के साथ पार्टी को मजबूत बनाना है साथ ही वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में महात्मा गांधी के विचार किस तरह से मददगार हो सकते है इस बारे में चर्चा करना है

आज जयपुर में एक प्रेसकांफ़ेस में उन्होंने कहा कि गांधीजी के आदर्शों से सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं खासकर युवाओं के लिए गांधीजी के विचार और दर्शन प्रेरणादायक हैं

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति भूषण गवई की पीठ ने केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद पुराने फैसले को रद्द कर दिया पीठ ने कहा कि समानता के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है

कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी इसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दायर की थी

आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा लेखा विभाग देश के रक्षा बजट के खर्च पर बारीकी से नजर रखता है

उनके साथ प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे और पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित सप्ताह के तहत आज पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्वजन कल्याण दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर जयपुर में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए बनाए गए मोबाइल एप का शुभारंभ किया उन्होंने बताया कि एप में दर्ज सूचनाओं के आधार पर स्थानीय थानों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं